विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशी के पक्ष में रैलियों और जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जाप्र और राबर्ट्सगंज इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के च्नावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किशन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉग्रेस नेता आर पी एन सिंह शामिल हैं बह्जन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह प्रंजीपतियों को और धनवान बनाने के लिये कार्य कर रही है समाज के विभिन्न वर्गो को अच्छे दिन दिखाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नही उतरी जातिवादी और पूंजीवादी सोच के कारण भाजपा सरकार में गरीबों दलितों और पिछड़ों का विकास नही हो सका सुश्री मायावती मऊ जिले के घोसी में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर रही थीं जनसभा में मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया वह सब बाद में भूल गयी उसने जो सपने दिखाये उसे पूरे करने में सफल नही हो सकी उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यशैली से न तो गरीब लोग खुश है और न ही अमीर सुश्री मायावती और अखिलेश यादव ने आज ही देवरिया जिले में भी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित किया भाजपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सलेमपुर में एक रोड शो के दौरान विपक्षी पर हमला बोलते हये कहा कि जो लोग भारत माता की जय नही बोल सकते वह गरीबी क्या दूर करेंगे ऐसे ही लोग चुनाव में हमले की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं उन्हॉने लोगों से अपील की कि वह भाजपा को वोट देकर इन हमलों का बदला लें प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सपा बसपा और कॉप्रेस कश्मीर मुद्दे को सुलझाने को लेकर गम्मीर नही है उनकी इसी मानसिकता के कारण कश्मीर के लाखों परिवार पलायन कर गये हैं उन्हॉने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भी इन पार्टियों की नीति दलमूल रही है इस बीच कॉप्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम अपने प्रत्याशी के पक्ष में वाराणसी में रोड शो करने जा रही हैं वहां वह लोगों को सम्बोधित भी करेंगी उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल शाम गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में रोड शो करेंगे इसे लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में कल के रोड़ शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाया है नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कोलकाता की घटना ने यह सिद्व कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के अलावा देश के किसी भी हिस्से में छह चरणों के दौरान कोई भी राजनीतिक हिंसा नहीं हुई उन्होंने टीएमसी पर हिंसा करने का आरोप लगाया भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी अगर यह सोचती हैं कि हिंसा का रास्ता अपना कर वह चुनाव जीत लेंगी तो यह उनकी भूल है वह बंगाल में जितनी हिंसा फैलायेंगी भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी ही सुनिरिचत होती जायेगी श्री शाह ने तणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दो सौ साल पुरानी ईश्वर चन्द्र विद्या सागर की प्रतिमा तोड़ने का भी आरोप लगाया है उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में हई हिंसा के विरोध में आज नई दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर जितेन्द्र सिंह और विजय गोयल सहित पार्टी के कई नेता प्रदर्शन के दौरान उपस्थित थे इससे पहले भाजपा ने रोड शो के दौरान हुई हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तुणमुल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है तुणमुल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता में रोड शो के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए थे जो शहर में हिंसा के लिए जिम्मेदार है इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में कल हुयी हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं पुलिस ने इस सिलसिले में सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है कांग्रेस ने प्रख्यात शिक्षाविद और विधवा पुर्नविवाह अधिनियम के लिए काम करने वाले ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाये जाने की निन्दा की है आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने पर तुली हुई है श्री सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस देशभर में सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है